कंटेटमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से जारी रहेगा

आवासन और शहरी मंत्रालय इस बारे में एसओपी जारी करेगा

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई परमिट की जरूरत नहीं होगी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

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैलनों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर से सुना जा सकता है

आप सभी राजस्थान के मूल निवासी हैं राज्यपाल मिश्र ने कल वीडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे राजस्थान के प्रवासियों से चर्चा की

उन्होंने प्रवासियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष में प्रवासियों से आर्थिक मदद करने का आग्रह किया गया

कोटा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहर्रम पर अपने संदेश में कहा है कि कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें सच्चाई की राह पर चलते हुए कोई भी कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है

राजधानी जयपुर में आज हल्की बूंदाबांदी हो रही है

दौसा में बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है करौली में लगातार हो रही बरसात के बाद पांचना बांध के गेट खोले गए हैं इसको लेकर प्रशासन ने अर्लट जारी किया है वहीं बांसवाड़ा में भी देर रात से बारिश का दौर चल रहा है

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आज कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है